कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास झारखंड समेत देशभर के सात सौ छत्तीस जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने टीकाकरण पूर्वाभ्यास का चेन्नई में जायजा लिया

उन्होंने बताया कि ंजब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये हैं संक्रमण के मामले काफी घट गये हैं और इससे होने वाली मौतों में भी कमी आई है पूरी दुनिया भारत की इस सफलता को देख रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देशभर में दो हजार तीन सौ प्रयोगशालाएं खोली हैं जो चौबीसों घंटे काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि उपचार की बेहतर व्यवस्था से देश में एक करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं उन्होंने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रभावी प्रयासों के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की

हालांकि सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकला अब सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता पन्द्रह जनवरी को होगी वार्ता में सरकार का प्रतिनिधित्वच कर रहे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने आज सवेरे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकांत की इससे पहले इस महीने की चार तारीख को किसान संगठनों के साथ हुई बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार चाहती है कि किसानों के प्रतिनिधि तीनों कृषि कानूनों के विभिन्ना प्रावधानों पर बारी बारी से चर्चा करें लेकिन किसान संगठन इस पर सहमत नहीं हुए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे सरकार किसान नेताओं को बार बार यह आश्वासन देती रही है कि वह उनसे जुडे सभी मुद्दों के समाधान के प्रति वचनबद्ध है लेकिन किसी आम सहमति पर पहंचने के लिए दोनों तरफ से प्रयास होने चाहिए

कुछ स्थानों पर मामूली तकनीकी समस्याएं आई जिसे दूर करते हुए ड्राई रन किया गया सभी स्थानों पर ड्राई रन को सफल बताया गया पलामू में तीन लाख वैक्सीन रखने क्षमता है मेदिनीनगर में रिजनल वैक्सीन स्टोर बनाया गया है उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि वैक्सीनेशन के पहले ड्राई रन के माध्यम से पूर्वाभ्यास कार्य पूर्ण कराया जा रहा है वैक्सीनेशन के पूर्व छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की कोई समस्या न हो

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मृत्य दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र केरल छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं इन राज्यों में संक्रमण के नए मामले देश के कुल सक्रिय मामलों का उनसठ प्रतिशत हो गए हैं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कुछ देशों में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के देश में पहुंचने को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड चौनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर एन एन माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आज जेल मैनुअल उल्लंघन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा होने पर रिम्स प्रबंधन को पहले इसकी जानकारी किसी भी माध्यम से बिरसा मुंडा जेल अथॉरिटी को देनी चाहिए थी इसके बाद जेल अथॉरिटी श्री यादव को शिफ्ट करने के लिए रिम्स में ही या फिर अन्य वैकल्पिक स्थान का चयन करती आज सुनवाई के दौरान अदालत में जेल महानिरीक्षक और वरीय आरक्षी अधीक्षक की ओर से रिपोर्ट पेश की गई सरकार की ओर से बताया गया कि उस दौरान कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था ऐसे में रिम्स प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लालू प्रसाद को निदेशक बंगले में शिफ्ट किया अदालत को बताया गया कि जेल से बाहर इलाज के लिए यदि कैदी शिफ्ट किए जाते हैं तो उसकी सुरक्षा और उसके लिए क्या व्यवस्था होगी इसका स्पष्ट प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है

साथ ही जेल महानिरीक्षक और रिम्स प्रबंधन से भी रिपोर्ट मांगी है

टाना भगतों का समूह मौन प्रदर्शन कर रहा है प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है

कुछ दिन पहले टाना भगतों ने अपनी मांगों को लेकर टोरी शिव्परी रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था आंदोलन लंबा चलने के बाद राज्य सरकार की ओर से इन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था टाना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले उनके अनुयायी माने जाते हैं

चतरा पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के चार शीर्षस्थ नक्सली कमांडरों के नाम ईनाम की राशि भी घोषित की गई है पुलिस ने सभी नक्सलियों के फोटो को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने का फैसला लिया है टीएसपीसी सुप्रीमो सहित चार शीर्षस्थ हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ झारखण्ड पुलिस ने ईनाम घोषित करते हुए उन सभी नक्सलियों के आज तस्वीरों को जारी किया है पुलिस की ओर से जारी किए गए तस्वीरों में टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश पर पच्चीस लाख मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू पर पन्द्रह लाख आक्रमण गंझू पर पंद्रह लाख और भीखन गंझू पर दस लाख का ईनाम घोषित किया गया है चतरा एसपी ऋषभ झा ने कहा है कि इन नक्सलियों के संबंध में या इनके सम्पति की सूचना देने वालों को उग्रवादियों पर घोषित ईनाम की राशि दी जाएगी साथ ही सूचना देने वाले की पहचान भी पुलिस पूरी तरह से गुप्त रखेगी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि दीवार वाला सरकार का कैलेंडर हम सालों से देख रहे हैं लेकिन तकनीक बदल गई है और अब लोग मोबाइल में कैलेंडर देखते हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ये सरकारी कैलेंडर सभी के लिए फ्री है

इस दौरान पुलिस ने तीन अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने ग्यारह मोबाइल सेट विभिन्न कंपनियों के चौबीस सिम तीन एटीएम एक आधार कार्ड एक मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किया है पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी अभियान चलाकर इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है

इस दौरान शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के परिजन भी उपस्थित थे इस अवसर सुदेश महतो ने कहा कि यह ऐसे सपूत थे जो झारखंड के गठन के प्रेरणा श्रोत रहे झारखंड का गठन इन्हीं वीर सपूतों की कुर्बानियों को सामने रखते हुए राजनीतिक और सामाजिक रूप से हुआ है

सभी घायलों का ईलाज बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है बस में लगभग चालीस से पैंतालीस मजदूर सवार थे सभी मजदूर बिहार के मोतिहारी से रोजगार के लिए विजयवाड़ा जा रहे थे